एक सौ बयासी मीटर लंबी यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है इसका अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की यह प्रतिमा विश्व को साहसी पुरुष की याद दिलाएगी जिसने भारत को विखंडित करने के प्रयासों को विफल किया उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण न किया होता तो हमें सोमनाथ के दर्शन करने और गिर के जंगलों में शेर देखने या हैदराबाद के चार मीनार को देखने के लिए वीजा लेना पड़ता श्री मोदी ने इस प्रतिमा को देश की इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमताओं का प्रतीक बताया गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास छोटे से द्वीप साधु बेट पर बनी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी उंचाई में अमरीका के स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है प्रतिमा के अंदर एक सौ पैतीस मीटर की ऊंचाई पर एक गैलरी बनाई गई है जहां से पर्यटक बांध और पास की पर्वत श्रृंखला देख सकेंगे प्रतिमा के पास श्री मोदी ने वॉल ऑफ यूनिटी का भी अनावरण किया ये दीवार देशभर में विभिन्न राज्यों से लाई गई मिट्टी से बनाई गई है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रुप में विकसित करने के लिए फूलों की घाटी और टैंट सिटी जैसी अनेक परियोजनाओं पर काम हुआ है प्रधानमंत्री सरकार पटेल की प्रतिमा के आधार चबूतरे पर बने प्रदर्शनी कक्ष में ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लौह पुरुष का संघर्ष दर्शाया जाएगा श्री मोदी ने किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरदार पटेल भी देश के कमजोर वर्गों और खासकर किसानों और महिलाओं के कल्याण के पक्षधर थे श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत देने की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए लगातार प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री फूलों की वादी में गए उन्होंने संग्रहालय और प्रदर्शनी तथा दर्शक दीर्घा भी देखी और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के चरणों में विशेष प्रार्थना की इस अवसर पर भारतीय वायु सेना ने फ्लाई पास्ट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रुप में मनाई जा रही है विभिन्न मंत्रालयों सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और संगठनों द्वारा इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है देशभर में लोगों ने आज भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने की शपथ ली

इस दौड़ में विद्यार्थियों और समाज के सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया बाद में आई जी पार्क में एक समारोह में राज्यपाल ने इस दौड़ के विजेताओं को पुरस्कृत किया लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने पांच सौ बासठ देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराने में सरदार पटेल की महान भूमिका का स्मरण किया मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है आज तवांग में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले एकता दिवस समारोह युवाओं को जागरुकत बनाते है और देश की अखंडता को बनाए रखने में हर व्यक्ति के योगदान की याद दिलाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरदार पटेल के अनवरत प्रयासों के कारण ही आज भारत अखंड है प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित आलेख में श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने साम्राज्यवाद को नष्ट करने और राष्ट्रवाद की भावना के साथ एकता स्थापित करने में अविस्मरणीय भूमिका निभाई

बैठक के दौरान इलेक्ट्रोनिक्स बस और ई रिक्शा पर भी विचार विमर्श किया गया इस अवसर पर राज्य में परिवहन क्षेत्र की चनौतियों और हसे समाधान के लिए एक समिति के सदन का भी निर्णय लिया गया एस बी आई खाता धारकों के लिए एटीएम से पैसे निकालने का नया नियम आज से लागू हो गया है देश के सबसे बड़े बैंक ने क्लासिक और मेस्ट्रो डेबिट कार्ड्र्स से प्रतिदिन पैसे निकालने की सीमा चालीस हजार रुपये से घटाकर बीस हजार रुपये कर दी है एस बी आई के अन्य डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के नियम में कोई बदलाव नही किया गया है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 आज का अधिकतम तापमान तैतीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सौलह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया